उन्होंने कहा कि सरकार पहाड़ी गाय पर अनुसंधान कर इनकी नस्ल में सुधार करेगी और इसके लिए एक शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा वीरेंद्र कंवर ने ऊना ज़िले के बंगाणा में पशुपालन परिषद की कार्यशाला में बताया कि शोध केंद्र के लिए जगह चयन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की सड़कों को बेसहारा पशु मुक्त बनाने की दिशा में भी निरंतर प्रयास कर रही है हाईकोर्ट प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी ने युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृति पर चिंता जताई है शिमला रिथित उच्च न्यायालय परिसर में आज एक कार्यशाला में उन्होंने कहा कि नशा प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की एक बड़ी समस्या बन गई है उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए समाज के सभी वर्गों को कार्य करने की जरूरत है न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने भी कार्यशाला में अपने विचार साझा किए शग्न योजना सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार ने शग्न नाम से नई योजना शुरू की है

सरवीण चौधरी ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के उदेश्य से कार्य कर रही है मारकंडा तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डोहग का आज निरिक्षण किया उन्होंने संस्थान के उत्थान के लिए कई अहम सुझाव दिए

उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण व उत्थान में तकनीकी शिक्षा की भी अहम भूमिका है

शिमला में आज हुई चुनाव समिति की बैठक में चुनावों के लिए बनाए गए पार्टी पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट पेश की बैठक की अध्यक्षता करते हुए पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस मजबूती के साथ इन चुनावों में उतर रही है उन्होंने कहा कि पार्टी विधायक सभी पूर्व विधायक सहित पार्टी के सभी नेता पूरे तालमेल के साथ चुनाव प्रचार करेंगे हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में एक बार फिर वृद्धि का क्रम जारी है

हस्तशिल्प लाहौल स्पिति जिले में मनाए जा रहे स्नो फैस्टिवल की कड़ी में आज केलंग में हैंडलूम उत्पाद मूल्यवर्धन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया इसमें घाटी के महिला मंडलों व स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने भाग लिया कार्यशाला में जिला परिषद अध्यक्ष रमेश रूआलवा ने कहा कि अटल टनल रोहतांग के खुलने से घाटी में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है और ऐसी कार्यशालाएं महिला सशक्तिकरण व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मददगार बनेगी दो दिवसीय इस कार्यशाला का उदेश्य प्रतिभागिओं को हैंडलूम उत्पादों की मार्केटिंग और डिजाईनिंग की जानकारी देना है